प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है लाल किले के आसपास बह स्तरीय सुरक्षा लगाई गई है वहां एन एस जी के स्नाइपर स्वात कमांडो और काईट कैचर्स भी तैनात किये गये हैं दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते और अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारी पार्किंग स्थलों पर कडी निगरानी रख रहे हैं व्यापक सुरक्षा तैनाती के हिस्से के रूप में स्नीफर कत्ते भी लगाये गये हैं समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान वरिष्ठ मंत्रियों शीर्ष अधिकारियों विदेशी प्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति के मद्देनजर सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं दिल्ली पुलिस कर्मियों को लाल किले के आसपास आकाश की विशेष रूप से निगरानी रखने को कहा गया है

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे आकाशवाणी से इस संबोधन का प्रसारण शाम सात बजे से किया जायेगा इसे एफ एम गोल्ड एफ एम रेनबो राजधानी इन्द्रप्रस्थ चैनल और अन्य सभी अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन शाम सवा छह बजे से राजधानी एफ एम रेनबो और एफ एम गोल्ड चैनलों तथा यू ट्यूब पर प्रसारित होगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छप्पन व्यक्तियों को अग्निशमन पदक से सम्मानित किया जाएगा इनमें वीरता के लिए राष्ट्रपति का एक अग्निशमन पदक विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के आठ और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सैंतालिस अग्निशमन पदक शामिल हैं इसके अलावा चौवालिस लोगों को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया जाएगा इनमें राष्ट्रपति के होमगार्ड पदक आठ लोगों को और नागरिक सुरक्षा पदक छत्तीस लोगों को दिये जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार की शुरू के पचहत्तर दिनों की उपलब्धियां उसके पिछले पांच वर्ष के दौरान किये गये काम के आधार पर ही प्राप्त की जा सकी हैं एक समाचार एजेंसी को दिये गये साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान किये गये सैंकड़ों सुधारों से लोगों की इस धारणा को मजबूती मिली है कि देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अभूतपूर्व गति से काम कर रही है और सही और स्पष्ट नीतियों से बहत कुछ हासिल हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार ने यह दिखा दिया है कि लोगों के अपार जन समर्थन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है

केन्द्र सरकार ने स्वच्छता के बारे में देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार उन्नीस आज शुरू कर दिया है पैंतालिस दिन के इस सर्वेक्षण में छः सौ अटठानबे जिलों के अटठारह हजार गांव कवर किये जायेंगे करीब सतासी हजार सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता गंतिविधियां चलाई जायेंगी और वहां सामुदायिक बैठकें आयोजित की जायेंगी लोग मोबाइल ऐप के जरिये सीधे फीडबैक भेज सकेंगे केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सर्वेक्षण के दूसरे चरण का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य स्वच्छता अभियान की गति में तेजी लाना है स्कूली छात्राओं को सूरक्षा की जानकारी देने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जहां एक ओर लड़के बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी की पथ लेंगे वहीं माता पिता बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करने उन्हें समान अवसर देने और बेटों को अनुशासन में रखने और उन्हें बचपन से नैतिक मूल्य सिखाने की ापथ लेंगे रक्षाबंधन पर्व पर कल पन्द्रह अगस्त को राज्य परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में महिलाओं के लिये निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है